ईटानगर के आई जी पार्क में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह राज्य को विशेष दर्जा तथा विशेष योजना सहायता बहाल करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्वोत्तर उद्योग नीति भी फिर से लायेगी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक कभी पारित नहीं होने देगी उन्होंने यह भी घोषणा की कि कांग्रेस सरकार सभी के लिए गारंटी न्यूनतम आय योजना शुरु करेगी जिससे देश में प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय की गांरटी सुनिश्चित होगी कांग्रेस ने पश्चिमी संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री नाबम त्रकी और पूर्वी संसदीय क्षेत्र से जे एल वांगलेट को खड़ा किया है कांग्रेस आज साठ विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के भी नाम घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी ने साठ में से चौवन सीटों के लिए पहले से ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जनता सेक्युलर ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग और पूर्व मंत्री तापंग तालो का नाम शामिल है पार्टी ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ कार्यकर्ता लोबसांग ग्यात्सो को मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से उतारा है राज्य में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान अट़ठारह अप्रैल को होगा विधायक पानी ताराम पांडा बागे और थंगवांग वांगहम नेशनल पीपूल्स पार्टी के साथ जुड़ गए है ईटानगर के एन पी पी राज्य कार्यालय में कल आयोजित समारोह में पार्टी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी अच्छी संख्या में अपनी उम्मीदवार खड़ा करेगी एन पी पी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरड के संगमा द्वारा राज्य में दौरे के बाद पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की संभावना है निर्वाचन आयोग ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि वह किसी भी सोशल मीडिया पर बिना उसके पूर्व प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने के बारे में निर्देश जारी करेगा आयोग ने न्यायालय को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के वार्ताकारों के साथ आज बैठक होनी है जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा आयोग ने कहा कि वह ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों की पहचान चिन्हित करने के प्रयास कर रहा है जो पूर्व प्रमाणन के बगैर प्रदर्शित किए जा रहे हैं आयोग ने कहा कि देश के इंटरनेट और मोबाइल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशविरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है गत शनिवार को थुमबिन से शुरु हुई तीन दिवसीय भारत बांग्लादेश संयुक्त व्हाईट वाटर रैफ्टिंग अभियान कल वेस्ट सियांग जिले के पांगिंग में जाकर संपन्न हुई अभियान दल ने सियोम नदी पर करिब पिचासी किलोमीटर की दूरी तय की है बांग्लादेश की टीम ने अभियान को सफलतापूर्वक आयोजित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए आलोंग मिलिट्री स्टेशन का आभार व्यक्त किया ईस्ट सियांग जिले के रायांग गांव में आयोजित दो दिवसीय पूर्वोत्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कल संपन्न हो गई कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के लोक प्रदर्शन कला अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए कारपुंग कारडुक केंद्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दिमापुर द्वारा संयुक्त रुप से किया गया था कार्यक्रम में सभी पूर्वोत्तर राज्यों से आए सांस्कृतिक टोलियों ने लोक संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित किया ईटानगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कल राज्य के मीडिया कर्मियों के लिए विभिन्न चुनावी प्रक्रिया पर कार्यशाला का आयोजन किया कार्यशाला के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार एवं अरुणाचल ऑबसर्वर के संपादक प्रदीप कुमार बेहरा ने चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका पर जानकारी दी उन्होंने मीडिया कर्मियों से चुनाव के दौरान समाचार रिपोर्ट देने से पहले पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने का आग्रह किया भारत ने आब्रधाबी में चल रहे विशेष ओलिंपिक्स खेलों में अब तक पचास स्वर्ण तिरसठ रजत और पिचहत्तर कांस्य पदक जीत लिए हैं भारतीय प्रतिभागियों ने टेबल टेनिस में चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर नया इतिहास रचा कोच शीतल नेगी ने बताया कि भारतीय दल ने आब्रधाबी में पहुंचने से पहले गुडगांव जोधप्र और मुंबई में प्रशिक्षण लिया था प्रुषों की टीम ने भी दो स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने पंद्रहवें विशेष ओलिंपिक खेलों में तीन सौ अट्ठहत्तर सदस्यों का दल भेजा है इस आयोजन का समापन इक्कीस मार्च को होगा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 आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया